मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया

ये बढ़ी हुई धनराशि इस वर्ष पहली अप्रैल से देय होगी

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो काफ्रेंसिंग को जरिये पांच हजार जन औषधि भण्डारों के संचालकों और इस कार्यक्रम के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे देश के छह सौ बावन जिलों में पांच हजार से अधिक भारतीय जन औषधि परियोजना कोन्द्र काम कर रहे हैं केन्द्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में बताया कि पिछले तीन वर्षो में जेनेरिक औषधियों की बाजार में हिस्सेदारी में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है जो दो प्रतिशत से बढ़कर सात प्रतिशत हो गई है

कांग्रेस रैली आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कांगड़ा जिले के चम्बी में आज एक रैली को संबोधित करेंगे इस दौरान वे कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को चुनावी टिप्स देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की हिमाचल में ये पहली रैली है रैली में प्रदेश पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल सह प्रभारी गुरकीरत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उनयासी लाख मकानों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों को अपनी प्रमुख खबर बनाया है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पीटीए पैरा टीचर मालामाल

हिमाचल दस्तक के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने पूरे किए वादे हिमाचल किकेट टीम में एंट्री को फर्जी दस्तावेज बनाते धरा शीर्षक से अमर उजाला लिखता है दोस्त के आधारकार्ड पर अपना फोटो चिपका कर बनवा रहा था हिमाचली प्रमाण पत्र फोरलेन प्रभावितों को मुआवजा देने के मामले पर दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है सूबे की खाली तिजौरी फैक्टर टू मुआवजे की चाराजोरी

नमस्कार